प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि कानून किसानों को अन्नदाता से उद्यमी की भूमिका में ले जाने के लिए और कृषि के लिए ने अवसर पैदा कर रहे है आज लोक नेता दमभ़षण डॉ बालासाहेब बिखे ाटिल की आत्मकथा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्य से जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थानीय मॉडल और स्थानीय उद्यमी देश को आगे लेकर जायेंगे इसी जरह के स्थानीय मॉडल की उदाहरण देते हये श्री मोदी ने महाराष्ट्र के चीनी उद्ययोग ग्जरात में द्ध उद्योग में श्वेत क्रांति तथा जाब और हरियाणा में गेहं उत्पादन का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में एक ऐसा दौर भी था जब लोगों के लिए र्याप्त भोजन उ लब्ध नहीं था

श्री मोदी ने इस बात प्रर जोर दिया कि हले किसानों को मूनाफे र ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया

देश ने शहली बार किसानों की आय के लिए चिंता प्रकट करते हये उनकी आय बढ़ाने के लिए कदम उठाये है जिनमें न्यूतनम समर्थन मूल्य देना या इसमें वृदधि करना और बेहतर फसल बीमा योजना प्रदान करना शामिल है

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों की मदद की है जिस कारण उन्हें किसी से थोड़ा ऋण नहीं लेना थड़ा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक लाख करोड़ रू ये सीधे किसानों के खाते में भेजे गये है श्री मोदी ने बेहतर प्रैदावार के लिए कृषि की प्रानी और नई विधियों के स्मेल की जरूरत र भी बल दिया हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोबरधन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए निजी वित्तीय संसथानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है श्री विजय वर्धन आज चंडीगढ़ में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव यू पी सिंह की अध्यक्षता में गोबरधन योजना के कार्यान्वयन के सम्बध में हई बैठक में हिस्सा ले रहे थे

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशान्सार प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस सथापित करने प्रर काम किया जा रहा है उन्होंने केन्द्र सरकार से अन्रोध किया है कि सामूदायिक बायोगैस संयंत्र अवसंरचना के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा सरकार की ओर से इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाये

राज्य को यह प्रस्कार प्रश्नालन क्षेत्र और किसान की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन प्रर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली महत्वप्र्ण नीतिगत हलों के लिए दिया गया है जिसने कृषि क्षेत्र के विकास में मदद की है और लाखों किसानों के जीवन को प्रभावित किया है

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालयहिसार के कूल ति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि प्रतिस् र्धा के वर्तमान दौर में टिके रहने के लिए किसानों के लिए आध्निक तकनीकों को अ नाना बेहद जरूरी है वे आज हिसार जिले के गांव डाबड़ा में अमेरिका की न्य्ट्रिशन कं नी साइटोजाइम द्वारा आयोजित ोषण प्रबंधन खेत दिवस के अवसर र आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि एक आम किसान इतना समृदध नहीं होता कि वह अ ने स्तर र भंडारण व महंगी तकनीक को वहन कर सके इसके लिए किसान उत्यादक समूह बनाकर आध्निक तकनीकों को अधनाकर अधनी वस्तुओं का भंडारण कर सकता है ताकि जब बाजार में भाव अच्छे मिलें तो उनको बेच सकता है उन्होंने किसानों से आहवान किया कि वे रम् रागत खेती की बजाय कृषि विविधिकरण को अ नाएं जिसमें सब्जियों व बागवानी के साथ साथ शुप्तालन व द्रग्ध उत्पादन का भी व्यवसाय किया जा सकता है इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और वह समृदध होगा उन्होंने इस किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और रसायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करने का आहवान किया

कड़े गये य्वक की हचान गांव भिरडाना निवासी अमरजीत मिन्टा के रूप में हई है प्लिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में प्रेश किया जहां से उसे हिसार जेल भेज दिया गया है

आज सिरसा और यम्नानगर में एक एक कोविड मरीज़ की मौत हई

उन्होंने कहा कि रियोजना पूरी होने से अम्बाला छावनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर र एक विशेष हचान मिलेगी